आज सेना दिवस पर सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवाद को बर्दाशत नहीं किया जायेगा

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी

यह टीकाकरण अभियान पूरे देश में चलाया जायेगा

इस चरण में सरकारी व निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों सहित ऐकीकृत बाल विकास सेवा से सम्बधित कर्मचारियों को वैक्सीन दी जायेगी

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सभी जिला स्तरीय वैक्सीन भंडार केन्द्रों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है और कल से टीकाकरण का कार्यक्रम श्रू किया जायेगा

जिले मे पांच बूथों पर टीकाकरण किया जायेगा उप सिविल सर्जन डा वीरेश भूष्ण ने बताया कि आज इस सिलसिले में सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल की गई

पंचकूला में सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायप्र रानी और एल कैमिस्ट अस्पताल को टीकाकरण के लिए चूना गया है

कौशल विकास एक उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में इस चरण नये दौरे और कोविड सम्बधी कौशल पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा कौशल विकास मंत्री डॉ महेन्द्र पांडेय ने कौशल विकास केन्द्रों के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की

क्लोन तकनीक इसी कमी को दूर करने में अहम साबित हो रही है और नस्ल सुधार में मदद हो रही है

इस अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों को बधाई दी एक टवीट मे श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र देश की सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को याद करता है उन्होंने कहा कि भारत बहाद्र सैनिकों वरिष्ठ पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सदैव ऋणी रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देशवासियों की तरफ से भारतीय सेना को सलाम किया है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि हमारी सेना मज़बूत और दृढ़ इच्छा वाली है जिसमें हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है आज सेना द्वारा नई दिल्ली मे एक भव्य परेड का आयोजन किया गया और सेना के बहाद्री सैनिकों ने साहसिक कारनामों का प्रदर्शन भी किया सेना प्रम्ख जनरल मनोज म्कृंद नरवणे ने कहा है कि आतंकवाद को बर्दाशत नहीं किया जायेगा आज सेना दिवस पर अपने सम्बोधन में श्री नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवदियो को पनाह देने की अदात से लाचार है और ये उसके ना पाक इरादों का सबूत है कि स्रंगों और ड्रोन के माध्यम से हमारे देश मे हथियारों की तस्करी और घ्सपैठ के प्रयास किये गये जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है

उनहोंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप हिंसा की घटनाओं में गिरावट आई है और आतंक से राहत मिली है सेना प्रम्ख ने कहा कि सेना की और मजबूत किया जा रहा है सेना ने पांच करोड़ रूपये के शस्त्र और साजो खरीदा है उन्होंने कहा कि कोई भी सेना का सब्र का इम्तेहान लेने की सामान हिम्मत न करें

उन्होंने कहा कि सेना ने भारतीय प्रौदयोगिकी संसथानों और अन्य प्रौदयोगिकी संसथानों के साथ ड्रोन और शस्त्रों के लिए समझौते किये है

अब क्छ खबरे संक्षेंप में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कल व परसों बह प्रयोजन स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्टाफ नर्स और लैब अटेंडेंट की होने वाली लिखित परीक्षा प्रशासनिक के कारणों से रदद कर दी है

सिविल सर्जन डॉ ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले मे परिवार नियोजन में महिलाओ की भागीदारी ज्यादा है हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड ने आज वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से चंडीगढ़ शिक्षा निदेशालय के उच्च अधिकारियों के साथ परीक्षा करवाने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की

बल्लभगढ़ के गांव छायसा मे आ पूर्व मंत्री विपूल गोयल ने गौशाला का उद्घाटन किया

उसके खिलाफ थाना शहज़ादप्र में मामला दर्ज किया गया है आरोपी को न्यायालय में पेश कर पांच दिन के प्लिस रिमांड पर लिया गया है आरोपी की पहचान मुलाना क्षेत्र के गांव मौजगढ़ निवासी स्खविन्दर सिंह सुक्खा के तौर पर हई है